न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने मामले में आरोपी मोहम्मद सैफ सरवर आजमी सैफ्र्रहमान और सलमान को बम विस्फोटो का दोषी माना

मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट संदेशों में कहा है कि जिन अनपढ़ नागरिकों के पास कोई दस्तावेज नहीं होंगे उन्हें गवाह पेश करने या अपने समुदाय के सदस्यों द्वारा समर्थित स्थानीय सबूत पेश करने की इजाजत दी जाएगी प्रवक्ता ने यह भी कहा कि भारत की नागरिकता साबित करने के लिए जन्म तिथि या जन्म स्थान या दोनों से संबंधित दस्तावेज दिए जा सकते हैं गृह मंत्रालय इस बारे में निर्धारित प्रक्रिया के बारे में जानकारी देगा संसद में संशोधित नागरिकता कानून पारित होने और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के एक सप्ताह के बाद यह स्पष्टीकरण आया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कल एक परामर्श जारी कर टेलीविजन चैनलों से कहा है कि वे ऐसी सामग्री का प्रसारण न करें जिससे हिंसा फैलने की आशंका हो और राष्ट्र विरोधी दृष्टिकोण को बढ़ावा मिले मंत्रालय ने इससे पहले जारी एक परामर्श का जिक्र करते हुए कहा है कि कुछ टेलीविजन चैनल इसकी परवाह किए बगैर ऐसी सामग्री प्रसारित कर रहे हैं जो कार्यक्रम संहिता की भावना के अनुसार नहीं है मंत्रालय ने टेलीविजन चैनलों से कहा है कि वे ऐसी बातें न दिखाएं जिससे राष्ट्र की अखंडता पर असर पड़े या किसी व्यक्ति समुदाय अथवा राष्ट्र की छवि ध्रमिल हो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने परामर्श का कड़ाई से पालन करने को भी कहा है मंत्रालय ने यह परामर्श नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद जारी किया है केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून से देश के किसी भी निवासी को नुकसान नहीं होगा और ये कानून पड़ौसी तीन देशों के भारत में रह रहे अल्पसंख्यक लोगों को देश की नागरिकता देगा श्री प्रसाद कल जयप्र में भारतीय जनता पार्टी की ओर से नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि दोनों ही बिल्कुल अलग है इससे पहले भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया प्रदर्शन में केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भाजपा की उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और केन्द्रीय मंत्री भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनियां कई विधायक और पार्टी पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता शामिल हुए राज्य सरकार के कार्यकाल का एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है इसी सिलसिले में कल सीकर के सूचना केन्द्र में एक वर्ष फैसले अनेक प्रदर्शनी लगाई गई

इस प्रदर्शनी में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से स्टॉले लगाकर उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया है

प्रधानमंत्री ने कार्यकम में शामिल करने के लिए श्रोताओं से उनके विचार साझा करने को कहा है